प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा है कि भाजपा आरोप प्रत्यारोप की बजाय अपने कार्यकाल पर श्वेत पत्र जारी करे

राज्य में स्वाईन फ्लू के बढते मामलों को देखते हुए कल से तीन दिन का स्क्रीनिंग अभियान चलाया जाएगा

आज महाराष्ट्र के पांच संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के भारतीय जनता पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं है क्योंकि वे खुद भ्रष्टाचार में लगे हैं श्री मोदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों की कल की रैली का एकमात्र उद्देश्य वंशवादी राजनीति का संरक्षण और पोषण करना था उन्होंने कहा कि भाजपा का गठबंधन सवा सौ करोड़ लोगों और उनकी आकांक्षाओं के साथ है उन्होंने विपक्षी गठबंधन को भ्रष्टाचार घोटाले नकारात्मकता अस्थिरता और असमानता का गठजोड़ बताया ऊंची जाति के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को दस प्रतिशत आरक्षण देने के सरकार के निर्णय पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर यह फैसला लागू न हुआ होता तो विपक्षी दल इससे परेशान न होते श्री मोदी ने इन आरोपों को खारिज किया कि यह फैसला चुनाव के मद्देनजर लिया गया है

चुनाव जीतने के बाद पहली बार जोधपुर आये श्री पायलट ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा को आरोप लगाने के बजाय अपना श्वेत पत्र जारी करना चाहिए

इस अवसर पर जेनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय उद्योग जगत को सशस्त्र सेनाओं के साथ जोड़ने और विशेषकर मेक इन इंडिया कार्यक्रम के जरिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ रक्षा प्रौद्योगिकी तैयार करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई पहल की चर्चा की उन्होंने यह भी कहा कि इन गलियारों के विकास से तेज विकास और क्षेत्रीय उद्योग के एकीकरण में तो मदद मिलेगी ही एक सुव्यवस्थित और कुशल औद्योगिक आधार भी तैयार होगा जिससे देश में और क्षेत्रीय स्तर पर रक्षा उत्पादन बढ़ेगा इससे उद्योग जगत को रक्षा विनिर्माण की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुडने में भी मदद मिलेगी

यह मन की बात कार्यक्रम की इस साल की पहली कड़ी है इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी एप और माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

श्री गहलोत ने आज जयपुर में राज्य में बिजली की मांग आपूर्ति और उत्पादन की स्थिति की समीक्षा बैठक में कहा कि सौभाग्य योजना में वंचित रहे ग्रामीणों को भी मार्च तक कनेक्शन जारी करना सुनिश्चित किया जाए

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि घरेलू बिजली की आपूर्ति में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए और जहां तक संभव हो अधिकतर कृषि फीडरों में दिन के समय बिंजली दी जाए

श्री गहलोत ने आज जयप्र में पेयजल आपूर्ति की वर्तमान स्थिति और गर्मियों में आपूर्ति योजना के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिये उन्होंने कहा कि राज्य में हर व्यक्ति को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले इसके लिए अधिकारी योजना बनाकर काम करें उन्होंने प्रदेश में नये ट्यूब वैल और हैंडपम्पों के लिए योजना तैयार कर उसका अनुमोदन करने के भी निर्देश दिये

इस अभियान के तहत घर घर जाकर स्वाईन फ्लू के मामलों की जानकारी ली जायेगी चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने आज चिकित्सा विभाग के सभी कर्मचारियों को निर्धारित समय पर स्वास्थ्य केन्द्रों में मौजूद रहने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के अवकाश पर रहने और निर्धारित समय पर चिकित्सालय में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों र्क खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी

पीसीआरए के अधिकारी दीपक गुप्ता ने बताया कि जयपुर में आयोजित इस रैली में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वास्थ्य पर्यावरण और ईंधन संरक्षण साइकिल रैली निकाली गई ट्रेनों के स्वच्छता सर्वे में उत्तर पश्चिम रेलवे की जयपुर बांद्रा टर्मिनस जयपुर अमरापुर अरावली एक्सप्रेस को सम्पूर्ण भारतीय रेलवे में दूसरा स्थान मिला है

रेलवे कल से अजमेर और जयपुर के बीच पहली डेमू रेलसेवा चलाएगा उत्तर पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ जन सम्पर्क अधिकारी ने एक विज्ञप्ति में बताया कि ये रेलगाड़ी रविवार को छोडकर सप्ताह में छः दिन चलाई जायेगी

वापसी में यह रेल अजमेर से सवेरे सवा सात बजे रवाना होकर दिन के दस बजकर दस मिनट पर जयपुर पहुंचेगी

वे पुणे में खेलो इंडिया के समापन समारोह में बोल रहे थे

अल्बर्ट हॉल से गांधी सर्किल तक हई इस दौड़ में युवाओं के साथ सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग जिला कलक्टर जगरूप सिंह यादव जयपुर नगर निगम के कार्यवाहक महापौर मनोज भारद्वाज और मिस राजस्थान उपस्थित थी

इस अवसर पर जिला कलक्टर ने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है बालिकाओं को एक अच्छे माहौल में शिक्षा मिले उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भी बालिकाओं की मुफ्त शिक्षा की घोषणा की हुई है इस महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए समाज को भी अपनी भागीदारी निभानी चाहिए

बूथ लेवल ऑफिसर ने मतदान केन्द्रों पर नए मतदाताओं के नाम जोड़र्ने और पहले से पंजीकृत मतदाताओं से प्रविष्टी में संशोधन के लिए आवेदन लिये

अच्छी धूप के कारण राज्य के अधिकतम तापमान में भी बढोतरी हुई है

ट्राईफैड जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित इस महोत्सव में लोगों को आदिवासी कला हस्तशिल्प और संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा